इसकी स्वच्छता की सराहना अतंर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है

बाइट कल ही संपन्न हुए प्रयागराज में आयोजित कुंभ की विशालता और दिव्यता के साथ साथ वहां की स्दच्छता की चर्चा और सराहना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है

इस सर्वेक्षण में शीर्ष शहरों को स्वच्छता की दिशा में काम करने के लिये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पुरस्कार के रूप में प्रदान की गई

इस प्रकार यह विश्व में सबसे बड़ा स्वच्छता सर्वेक्षण हो गया है इन्दौर को लगातार तीसरे साल सबसे स्वच्छ शहर का प्रस्कार मिला है श्री कोविंद ने उन सबकी सराहना की जो देश में स्वच्छता अभियान में सक्रिय रूप से भाग ले रहे है उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने स्वच्छता आंदोलन के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी

प्रधानमंत्री कार्यालय की ट्वीट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने सोल शांति पुरस्कार में मिले एक करोड़ रूपये भी नमामि गंगे परियोजना को दान किए थे उच्चतम न्यायालय ने राम जन्म भूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले को मध्यस्थता के जरिए सुलझाने के मुद्द पर सुनवाई पूरी कर ली है न्यायालय अपना फैसला बाद में सुनाएगा प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों को संविधान पीठ ने कहा है कि न्यायालय मामले की गंभीरता को समझता है वह यह भी समझता है कि इस मामले में मध्यस्थता का देश की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा न्यायालय ने संबंधित पक्षो से कहा कि वे इस मामले को मध्यस्थता के जरिए सुलझाने का प्रयास करें क्योंकि यह मामला लोगों की आहत भावनाओं को राहत पहुंचाने से भी जुड़ा है

भारतीय सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन की महिला अधिकारियों को सभी दस शाखाओं में पर्मानेंट कमीशन दिया जाएगा महिला अधिकारियों को अब जज एडवोकेट जनरल और सेना शिक्षा कोर की मौजूदा दो शाखाओं के अतिरिक्त सिग्नल्स इंजीनियर्स सेना उड्डयन सेना वायु रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स सेना सेवा कोर सेना आयुध कोर और खुफिया सेवा में स्थायी कमीशन मिलेगा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले वर्ष स्वतंत्रता दिवस संबोधन में सशस्त्र सेनाओं की महिला अधिकारियों को स्थाई कमीशन दिए जाने की घोषणा की थी

दस करोड़ रूपये की लागत से तैयार हुये इस केन्द्र की क्षमता दस किलोवाट है और इसका दायरा साठ किलोमीटर है

आकाशवाणी महानिदेशक एफ शहरयार ने इस अवसर पर कहा कि आखिरी इंसान तक पहुंचने के लिये रेडियो सबसे अच्छा माध्यम है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी अपने मन की बात के लिये रेडियो को चुना है यह सही बात करता है और सही खबरे देता है सांसद श्री अग्रवाल ने कहा कि इस केन्द्र के खुल जाने से छुपी हुई प्रतिभाओं को एक मंच मिलेगा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

रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने आज वाराणसी और दरभंगा के बीच अन्त्योदय साप्ताहित एक्सप्रेस ट्रेन को राष्ट्र को समर्पित किया उन्होंने इस गाड़ी की शुरूआत गाजीपूर से वीडियो कांफ्रेंसिंग के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

उन्होंने कहा कि इस गाडी संख्या एक पांच पांच पांच एक और एक पांच पांच पांच दो के शुरू हो जाने से बिहार के मिथलान्चल और धार्मिक नगरी वाराणसी के बीच सफर पहले से काफी आसान हो जायेगा प्रदेश के गैर पारम्परिक ऊर्जा मंत्री बृजेश पाठक ने कहा है कि अगले साल तक राज्य में सौर ऊर्जा से दस हजार से मेगावाट से अधिक बिजली का उत्पादन होने लगेगा उन्होंने कहा कि जल्द ही राज्य में पारम्परिक बिजली उत्पादन के तरीकों की जगह सौर ऊर्जा और वायोफ्यूल का इस्तेमाल शुरू हो जायेगा

उन्होंने कहा कि सरकार घरों की छतों पर सौर ऊर्जा प्लांट लगाने पर जोर दे रही है राजधानी में विधान भवन और लोकभवन को सौर ऊर्जा से पूरी तरह रौशन करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है श्री पाठक ने बताया कि आठ मार्च को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कानपुर में दूसरे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह के दौरान नौ हजार तीन सौ करोड़ रूपये के गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों संबंधी परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे उन्होंने बताया कि सौभाग्य योजना के अन्तर्गत बिजली विहीन दो हजार एक सौ सत्तानवें गांवों में सत्ताईस हजार चार सौ दस घरों को मुफ्त सौर ऊर्जा किट दिये जा रहे हैं

सरकार देशभर में कल जनऔषधि दिवस मनायेगी देश के साढ़े छह सौ जिलों में पांच हजार से अधिक प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना केन्द्र काम कर रहे हैं नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस अवसर पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पूरे देश के पांच हजार जन औषधि केन्द्रों को सम्बोधित करेंगे सरकार न कृषि उत्पादों के परिवहन और विपणन के वास्ते वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की एक योजना शुरू की है इस योजना की शुरूआत यूरोप उत्तरी अमरीका और कुछ अन्य देशों को कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है परिवहन और विपणन सहायता याजना टीएमए के तहत सरकार माल भाड़ा दरों के एक हिस्से का भुगतान करने के साथ कृषि उत्पादों के विपणन में सहायता देगी

विभिन्न क्षत्रों के लिए वित्तीय सहायता अलग अलग होगी